आज जारी आदेश के अनुसार तीन जिलों के कलेक्टर सहित सोलह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया है गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर डोमन सिंह को महासमुंद का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है वहीं धमतरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता गांधी गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले की नई कलेक्टर होंगी जबकि धर्मेश कुमार साहू को नारायणपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है राजेश कुमार टोप्पो को राजस्व मंडल बिलासपुर नीलम नामदेव एक्का को विशेष सचिव जन शिकायत निवारण तथा कार्तिकेय गोयल को प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कारपोरेशन के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वहीं नारायणपुर के कलेक्टर अभिजीत सिंह को छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जबकि इफ्फत आरा को महानिरीक्षक पंजीयक एवं मुद्रांक के साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मिशन संचालक का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है इसके अलावा अजीत वसंत को जिला पंचायत राजनांदगांव हरीश एच को जिला पंचायत बिलासपुर कुनाल दुदावत को जिला पंचायत कोरिया मयंक चतुर्वेदी को जिला पंचायत धमतरी और रोहित व्यास को जिला पंचायत मुंगेली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है

बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा छत्तीसगढ़ के नये अपर परिवहन आयुक्त होंगे जबकि अपर परिवहन आयुक्त टीआर पैकरा को पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ किया गया है सरगुजा रेंज के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी को प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज और उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सरगुजा रेंज आरपी साय को प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अंबिकापुर में नियुक्त किया गया है इसके अलावा कांकेर के उप पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में उप संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है जबकि उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर विनीत खन्ना को कांकेर का उप पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है वहीं राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के छह अधिकारियों के भी तबादला आदेश जारी किए हैं केन्द्र उड़ान रोक केन्द्र सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर लगी अस्थाई रोक आगामी सात जनवरी तक बढ़ा दी है नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस अवधि के बाद उड़ाने फिर शुरू होने पर कड़े नियमों का पालन किया जाएगा इस बारे में विस्तृत जानकारी की घोषणा शीघ्र की जाएगी इससे पहले ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों पर इकतीस दिसम्बर तक के लिए रोक लगाई गई थी केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसी सभी घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाए जिनके सुपर स्प्रेडर बनने यानी जिनसे व्यापक रूप से संक्रमण फैलने की आशंका हो यह निर्देश भी दिया गया है कि नववर्ष समारोह और उससे संबंधित आयोजनों तथा सर्दी के मौसम को देखते हुए भीड़ को एकत्र होने से रोकने के उपाय किए जाएं कोरोना समाचार इस बीच ब्रिटेन से रायपुर आई दो महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं इन दो महिलाओं को मिलाकर प्रदेश में ब्रिटेन से आने वाले कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या दस हो गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नौ दिसंबर के बाद ब्रिटेन से पैंसठ लोग छत्तीसगढ़ आए हैं उनमें से तिरपन लोगों की कोरोना जांच की गई थी जिनमें से दस लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि वीआरडी लैब ने सर्विलांस स्टडी के लिए सत्तर सैंपल नेशनल वायरोलॉजी लेबोरेट्री पुणे भेजे हैं इनमें से साठ सैंपल एम्स में उपचार करा रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के हैं जबकि दस सैंपल ब्रिटेन से छत्तीसगढ़ लौट कर आए उन लोगों के हैं जिन्हें आरटी पीसीआर टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है पुणे से रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्ट्रेन ट्र के बारे में जानकारी मिल सकेगी उन्होंने बताया कि फिलहाल ब्रिटेन से आए पॉजिटिव लोगों को एम्स के एक विशेष वार्ड में भर्ती कराया गया है वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि विदेशों से आए व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें अलग रखने की व्यवस्था कर ली गई है एम्स रायपुर में तीन सौ तीस बिस्तरों की अलग से व्यवस्था की जा रही है कोरोना के इस नये स्ट्रेन के फैलने की क्षमता पहले से साठ प्रतिशत ज्यादा है लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं है इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख सतहत्तर हजार के पार हो गई है कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के ग्यारह सौ चौतीस नये मरीजों की पहचान की गई राज्य में वर्तमान में कोरोना पॉजीटिव बारह हजार से अधिक लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उधर बालोद जिले के उप संचालक कृषि विभाग कार्यालय के एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद ऑफिस को पूरी तरह से सील कर दिया गया है

सरकार के निर्देशानुसार कोविड नाइंटीन का टीका तीन चरणों में लगाया जाएगा पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकताओं और मितानिनों द्रसरे चरण में पुलिस नगर निगम और होम गार्ड के कर्मचारियों तथा तीसरे चरण में साठ साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गो के अलावा ब्लड प्रेशर और मधुमेह के रोगियों को प्राथमिकता दी जाएगी इस बीच राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर कल इकतीस दिसंबर को नववर्ष के स्वागत और आने वाले त्यौहारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जारी निर्देश में कहा गया है कि कार्यक्रमों का आयोजन खुले और सार्वजनिक स्थानों में नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार के जुलूस सभा रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा कार्यक्रम में अधिकतम दौ सौ लोग ही शामिल हो सकेंगे प्रधानमंत्री मुख्य सचिव बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए देश के विभिन्न राज्यों में संचालित केन्द्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की छत्तीसगढ़ में केन्द्रीय योजनाओं के तहत निर्माण और प्रगति की जानकारी मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने दी प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन परियोजनाओं के तहत रेल सड़क परिवहन पर्यावरण उपभोक्ता मामले आवास और शहरी विकास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा जलशक्ति मंत्रालय के तहत महत्वाकांक्षी परियोजनाओं और विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी राज्यों के मुख्य सचिवों से ली

केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि एथेनॉल उत्पादक नई डिस्ट्रिलरी को चार हजार पांच सौ तिहत्तर करोड़ रुपये की ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी गई है उन्होंने बताया कि भारत को तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता में कम करने के वास्ते वर्ष दो हजार तीस तक लगभग एक हजार करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी एथेनॉल प्लांट एमओयू इस बीच छत्तीसगढ़ में पीपीपी मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना के लिए एमओयू किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में यह एमओयू भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा और छत्तीसगढ़ डिस्टीलरी लिमिटेड की सहायक इकाई एनकेजे बायोफ्यूल के बीच तीस वर्षों के लिए किया गया इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को समय पर गन्ना के मूल्य का भुगतान और शक्कर कारखाने की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग सुनिश्चित करने में एथेनॉल संयंत्र की स्थापना महत्वपूर्ण साबित होगी संयंत्र की स्थापना से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि का आधार मजबूत होगा उल्लेखनीय है कि एथेनॉल संयंत्र की स्थापना पर निवेशक द्वारा सौ करोड़ रूपए से अधिक का विनिवेश किया जाएगा संयंत्र का निर्माण डेढ़ से दो वर्ष के भीतर पूर्ण कर एथेनॉल उत्पादन करने की योजना है वहीं राज्य में ऑटोमोबाइल स्टील और सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए भी राज्य सरकार के उद्योग विभाग और हीरा ग्रुप के बीच चार एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए धान खरीदी प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है इसके तहत उनतीस दिसंबर तक पैंतालीस लाख अड़तालीस हजार मीटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है इस दौरान राज्य के ग्यारह लाख बयासी हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह किसानों को राहत पहुंचाने की बजाय राजनीति कर रही है श्री साय ने कहा कि प्रदेशभर में किसान धान बेचने के लिए भटक रहे हैं वे खरीदी केन्द्रों में बारदानों के संकट और टोकन की मारामारी से परेशान हैं इस बीच महासमुंद में राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से धान का भंडारण करने वाले सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है उनके पास से दो सौ बत्तीस बोरा धान जब्त किया गया है

केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रूर्बन क्लस्टर क्षेत्र में समेकित प्रदर्शन के आधार पर की गई रैकिंग में छत्तीसगढ़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में एक बार फिर से पहला स्थान प्राप्त किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है उन्होंने उम्मीद जताई है कि रूर्बन मिशन के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश का मॉडल राज्य होगा गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ को इससे पहले रूर्बन मिशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए तथा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है निर्वाचन आयोग भवन लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपूर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य निर्वाचन आयोग के नये भवन का लोकार्पण किया नवा रायपुर में इस भवन का निर्माण किया गया है वहीं मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए नवा रायपुर में बनने वाले छत्तीसगढ़ राज्य लघ् वनोपज सहकारी संघ के आवासीय परिसर का भी भूमिपूजन किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अट्ठारह महीनों में यह कॉलोनी बनकर तैयार हो जाएगी माओवादी समाचार बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया है घायल जवान को प्रारंभिक उपचार के बाद राजधानी रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आज सुबह गंगालूर थाने से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी जिला पुलिस बल और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी इस दौरान बुरजी और पुसनार के बीच माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से सीएएफ का एक जवान घायल हो गया उधर सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में खेत में सोए एक ग्रामीण की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी पुलिस मामले की जांच कर रही है इधर राजनांदगांव जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में खड़गांव तुमड़ीकसा टांगापानी के पास माओवादियों ने एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी एसीबी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रिश्वत लेते चार लोगों को रंगेहाथों गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार बलरामपुर के जनपद पंचायत सीईओ को साठ हजार रूपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है जबकि बलौदाबाजार भाटापारा जिले के उप अभियंता को बारह हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया उधर सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरों की टीम ने एक कलर्क को दस हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है इसी तरह नारायणपुर स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक क्लर्क को दस हजार रूपए रिश्वत लेते पकड़ा गया चारो आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्द कर कार्रवाई की जा रही है हमर पुलिस हमर संग महासमुंद जिले के दूरस्थ माओवाद प्रभावित ग्राम तिलाईमाल में हमर पुलिस हमर संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक ने ग्रामवासियों को साइबर क्राइम ऑनलाइन ठगी एटीएम फॉड यूपीआई पिन ठगी ओटीपी तथा पासवर्ड का उपयोग कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ठगी किए जाने के बारे में जानकारी दी और उनसे सावधान रहने की सलाह दी उन्होंने ग्रामवासियों को पुलिस मित्र बनने के लिए प्रोत्साहित किया और गांव को नशामुक्त करने की समझाईश दी उन्होंने गांव के आसपास माओवादी गतिविधियां होने की जानकारी देने तथा माओवादी उन्मूलन में सहयोग करने की अपील की इस अवसर पर गांव के वरिष्ठ नागरिकों को श्रीफल और शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दूर्ग जिले के ग्राम घुघुवा में आयोजित गुरू घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने स्कूल की प्राचार्या और प्रतिभावान छात्र का सम्मान किया दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने ग्राम खुड़मुड़ा में एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या के आरोपियों की जानकारी देने पर तीस हजार रूपए का इनाम देने की घोषणा की है रेलवे प्रशासन ने तिरूनेल्वेली बिलासपुर तिरूनेल्वेली के बीच चल रही सुपर फास्ट साप्ताहिक प्रजा स्पेशल ट्रेन के परिचालन में विस्तार किया है